चंद्रयान टू की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं हो सकी चांद की सतह से दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरी पर मिशन चंद्रयान टू का धरती पर स्थित मिशन नियंत्रण कक्ष से संपर्क ट्रट गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के सीवन ने रात दो बजकर सोलह मिनट पर इसकी घोषणा की उन्होंने बताया कि रात एक बजकर उनतालीस मिनट पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुयी अंतिम क्षणों तक सब ठीक रहा लेकिन चंद्रमा की सतह से मात्र दो दशमलव एक किलोमीटर उपर लैंडर विक्रम से ग्राउंड स्टेशन पर संपर्क टूट गया इसके बाद लैंडर से किसी तरह का डेटा मिलना बंद हो गया के सीवन ने कहा कि लैंडिंग की प्रक्रिया से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है इसरो की ओर से इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से भेंट की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है देश को आप पर गर्व है बेहतर की उम्मीद रखें प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश और मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इसरो के नियंत्रण कक्ष से राष्ट्र को संबोधित किया उन्होंने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाते हुये कहा कि बाईट इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाये मैंने भी आपके साथ उस पल को जिया है

मैं देख रहा था मन में स्वमाविक प्रश्न था क्यों हुआ कैसे हुआ और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है कुछ रूकावटे आयी हो रूकावटे हाथ लगी हो लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है बल्कि और मजबूत हुआ है आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रूकावट आयी हो लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं राज्य के सहकारिता मंत्री रणा रणधीर सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पैक्सों के चुनाव नवम्बर तक करा लिये जायेंगे पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुये श्री सिंह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने निर्वाचन प्राधिकार को दो और तीन चरणों में ही चुनाव कराने का सुझाव दिया है राज्य के आठ हजार चार सौ तिरसठ पैक्सों का चुनाव होना है इसके लिये एक करोड़ सोलह लाख सदस्य बनाये गये हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार बोधगया को विश्व की अध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिये संकल्पबद्ध है इसके साथ ही भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों को एक सौ एक करोड़ इकतलीस लाख रूपये की लागत से विकसित किया जायेगा श्री मोदी ने मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में बौद्ध और हिंदू धर्म की पहल विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुये ये बात कही केंद्र सरकार ने भी बोधगया सहित देश के सत्रह पर्यटक स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करने की घोषणा की है

पोषण की कक्षाओं के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्वस्थ्य रहने के उपाय बताये जायेंगे साथ ही स्वच्छता के महत्व की भी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सभी जिलों के विद्यालयों में विशेष गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में पूरे देश में मनाने का फैसला किया है पटना उच्च न्यायालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार के आरोप में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया है जिला जज ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्य का प्रभार दीपांकर पाण्डेय को दिया है गौरतलब है कि भागलपुर के एक फल व्यवसायी की हत्या मामले की सुनवाई के बीच पिछले दस दिनों से अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा की ओर से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की के लिये बहाली नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से डीएलएड करने वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बिहार सरकार को इस संबंध में स्पष्ट किया है कि अठारह माह का डीएलएड कोर्स प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता में शामिल नहीं है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर कहा है कि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिये आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने के अठारह सितंबर से शुरू होगी इसके लिये आवेदन सत्रत अक्टूबर तक जमा किये जायेंगे परिवहन विभाग ने कहा है कि निजी और व्यवसायिक वाहनों के मन पसंद नम्बर लेने के लिये वाहन मालिक को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसके लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में एक हजार रूपये देना होगा जिसे वापस नहीं किया जायेगा विभाग के सुत्रों ने बताया कि एक से अधिक वाहनों के लिये अलग अलग पंजीयन शुल्क लगेगा वहीं परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिये चार करोड़ सतहत्तर लाख रूपये आवंटित किया है ये सीतामढ़ी औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर के लिये आवंटित की गयी है पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने कहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एक साल पूरे होने पर पूर्ण बैंक का लाईसेंस मिल गया है अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अन्य बैंकों की तरह काम कर सकेगा इसके अंतर्गत अब बिना एटीएम कार्ड पासबुक के कहीं से भी सिर्फ अंगूठे के निशान पर ही रूपये निकाले जा सकेंगे इसके तहत एक बार में दस हजार रूपये की निकासी की जायेगी अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिये किसी भी बैंक से राशि निकालने पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा राजधानी पटना के एक होटल में पूलिस ने छापा मारकर दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है दोनों गिरफ्तार व्यक्ति सीतामढ़ी के रहने वाले हैं

व्यवहार न्यायालय पटना में चौदह सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा इसमें बिन वसूली बाल श्रम बिजली पानी बिल दिवानी और फौजदारी से संबंधित मामले निष्पादित किये जायेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट का कार्यक्रम जारी कर दिया है नौ सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन करने के लिये अंतिम तिथि नौ अक्टूबर निर्धारित है ये परीक्षा दो से छह दिसंबर तक आयोजित की जायेगी गोपालगंज के जल संसाधन विभाग ने ठेकेदार रामाशंकर सिंह के मौत के मामले में फरार अधीक्षण अभियंता जितेंद्र प्रसाद सिंह के पटना स्थित फ्लैट में दूसरे दिन भी कुर्की जब्ती की गयी वहीं इस मामले में फरार मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह के पटना स्थित फ्लैट की कुर्की जब्ती आज की जायेगी चेन्नई में संपन्न ऑल इंडिया रैंकिंग महिला टेनिस के युगल स्पर्धा में बिहार की मेधावी और आयुषी ने उप विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है पटना में आज से चौथी राष्ट्रीय रोइंग इंडोर चैंपियनशिप का आयोजन किया जायेगा इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं पटना में आज राज्य सीनियर बैड मिंटन चैंपियनशिप के क्वाईलिफाइंग मुकाबले खेले जायेंगे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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है चांद की सतह से मात्र दो दशमलव एक किलोमीटर पहले चंद्रयान टू के लैंडर विक्रम से संपर्क टूटा चांद पर चूके दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है भारत के लिये एक ऐतिहासिक दिन था दो कदम दूर चंद्रमा की सतह से महज दो दशमलव एक किलोमीटर दूर लैंडर से संपर्क टूटा चंद्रयान टू से जुड़े वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री ने ढांढस बंधया राष्ट्रीय सहारा लिखता है आपने जो भी किया राष्ट्र को गर्व है प्रभात खबर ने लिखा है बांका में कोयले का खनन रोहतास में हीरे की संभावना